उसने पांच सौ तैंतालिस लोकसभा सीटों में से तीन सौ पचास सीटें जीत ली हैं और एक सीट पर बढ़त बनाये हये हैं भाजप ने अकेले भी स्पष्ट बहमत प्राप्त कर लिया है उसे तीन सौ दो सीटें हासिल हुयी हैं जबकि एक पर बढ़त बरकरार है यूपीए ने कुल नबे सीटें जीती हैं कॉग्रेस को बावन सीटों पर जीत हासिल हयी है अन्य दलों के खाते में एक सौ एक सीटें आयी हैं प्रदेश के सभी अस्सी लोकसभा सीटों के परिणाम मिल चुके हैं इनमें से भारती जनता पार्टी ने बासठ सीटें हासिल की हैं जबकि उसके सहयोगी पार्टी अपना दल को दो सीटें मिली हैं बसपा सपा गठबंधन को क्ल पन्द्रह सीटें प्राप्त हुयी हैं इनमें दस सीटों पर बहजन समाज पार्टी को और पांच सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली हैं कॉप्रेस को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा है वाराणसी संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार लाख उन्यासी हजार से अधिक योटों से शानदार जीत दर्ज की है

देवरिया से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है क्शीनगर से भाजपा प्रत्याशी विजय दूबे ने कॉग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री आर पी एन सिंह को हराया है महराजगंज संसदीय सीट पर एक बार फिर पंकज चौधरी को जीत हासिल हुई है डुमरियागंज संसदीय सीट को जगदम्बिका पाल ने लगातार तीसरी बार जीत लिया है बस्ती से हरीश द्विवेदी दोबारा चुन लिए गये हैं पिछले उप च्नाव में गोरखपुर से सपा की सीट पर सांसद चुने गये प्रवीण निषाद को इस बार भाजपा की सीट पर संत कबीर नगर का सांसद बनने में सफलता हासिल हयी है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी बसपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी को हराया सलेमपुर से भाजपा प्रत्याशी रविन्द्र कुशवाहा ने लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराया है